आज हयूस्टन में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित

मतगणना चौबीस अक्टूबर को केन्द्रीय सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा डाक घर के खातों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार से जोड़ा जाएगा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही वर्षा के चलते कई नदियां उफान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सप्ताह की अमरीका यात्रा के पहले चरण में कल ह्यूस्टेन पहुंचे वे आज शीर्ष अमरीकी ऊर्जा कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शाम ह्यस्टेन के एन आर जी स्टेडियम में हाउड़ी मोदी कार्यक्रम में पचास हजार से अविक भारतीय समृदाय को सम्बोधित करेंगे भारतीय समृदाय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी उनके साथ होंगे इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए सामुदायिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है सपने और सुनहरा भविष्य हाउडी मोदी समारोह की थीम है ये बात भारतीय मूल के अमरीकी नागरिकों पर अक्षरस लागू होती है

भारत का महत्व वैश्विक परिदृश्य में साफतौर पर यहां बढ़ता दिख रहा है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की हाउडी मोदी में शामिल होने से दिखता है हालांकि कुछ अमरीकी जानकार इसे अगले साल के अमरीकी राष्ट्रीपति चुनाव में रिपब्लिकन्स भारतीय अमरीकी वोट जुटाने की कोशिश के तौर पर इसे देख रहे हैं लेकिन हाउडी मोदी में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स दोनों ही पक्षों के लोग होने से इस पर लगाम कस चुका है प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए अमरीकी कंपनियों से चर्चा करेंगे इस बीच ह्यस्टीन के मौसम का मिजाज मानो प्रधानमंत्री के आने की खबर से बदला है और लोगों को फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की गर्मजोशी वाली मुलाकात का इंतजार है अतुल तिवारी आकाशवाणी समाचार ह्यस्टन ह्यूस्टेन से प्रधानमंत्री न्यूयार्क जायेंगे कल वे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायू परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई पर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे महात्मा गांधी के एक सौ पचासवी जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उपवन का उदघाटन करेंगे इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में क्शल नेतृत्व के लिए उन्हें यह प्रस्कार दिया जा रहा है शुक्रवार सत्ताईस सितम्बर को वे न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को सम्बोधित करेंगे प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों पर उप चुनाव इक्कीस अक्टूबर को कराया जायेगा मतगणना चौबीस अक्टूबर को होगी निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा की उप चुनाव की अधिसुचना सत्ताईस सितम्बर को जारी की जायेगी नामांकन चार अक्टूबर तक होगा और सात अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकती है प्रदेश में रामपुर सदर के साथ सहारनपुर की गंगोह अलीगढ़ की इगलास लखनऊ की लखनऊ कैन्ट बाराबंकी की जैदपुर कानपुर की गोविन्द नगर चित्रकृट की मानिकपुर बहराइच की बलहा प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ सदर अम्बेडकरनगर की जलालपुर और मऊ की घोसी विवानसभा सीट पर उप चुनाव होना है इन ग्यारह विधानसभा सीटों में से नौ पर भाजपा का कब्जा था जबकि एक सीट सपा और एक सीट बसपा के पास थी उधर महाराष्ट्र और हरियाणा में इक्कीस अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे मतगणना चौबीस अक्टूबर को की जाएगी कल नई दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि दोनों राज्यों में तत्काल प्रमाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है देश भर के चौसठ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा महाराष्ट्र विधानसभा की दो सौ अद्गासी और हरियाणा की नब्बे सीटों पर मतदान होगा हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल दो नवम्बर को और महाराष्ट्र का नौ नवम्बर को समाप्त हो रहा है पर्यावरण पर प्लास्टिक के द्यप्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से परहेज करें उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के विशेष इन्तजाम किए गए हैं उधर प्रदेश के हमीरपुर सीट के उप चुनाव के लिए कल शाम प्रचार अभियान समाप्त हो गया मतदान कल तेईस सितम्बर सोमवार को कराया जायेगा मतगणना सत्ताईस सितम्बर को करायी जायेगी

वे कल पटना में बिहार के पहले तथा देश के दसवे आधार सेवा केन्द्र के अवसर पर बोल रहे थे रविशंकर प्रसाद ने पटना में बिहार के पहले और देश के दसरे महिला डाक घर का भी उदघाटन किया उन्होंने घोषणा की कि देश के प्रत्येक डाक मंडल में महिला डाकघर खोले जाएंगे

प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जन को जोड़ते हुए उनके आय के साधन को बढ़ाने की रणनीति पर काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जन कत्याणकारी योजनाओं का लाम लोगों को देते हुए गरीबी दूर करने की दिशा में कारगर प्रयास किये जाये वह सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य दो हजार तीस एवं अन्य पहलुओं पर समीक्षा कर रहे थे ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समृह की महिलाओं को जागरूक कर उनके माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी दी जाये उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत तालाबों को विकसित कर मत्य पालन को बढ़ावा देते हए लोगों की आय में वृद्धि के प्रयास किये जाये ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने में हमें तमी सफलता मिलेगी जब जन कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख्य योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगा समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के अलावा तेईस अन्य विभागों के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में पिछले तीन चार दिनों से हो रही बारिश के चलते कई प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है कशीनगर में बढ़ी गंडक नदी के अमवा तटबंध पर लगातार कटान होने से स्थिति भयावह हो गई है तटबंध के किनारे दसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाया जा रहा है हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है उधर चित्रकूट में भी लगातार बारिश के चलते सड़कों और घरों में पानी घ्स गया है जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित सरध्या और अर्की गांव का दौरा कर ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की लखीमपुर के पलियाकलां के भीरा इलाके में घाधरा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भर गया है

क्शीनगर में सैकड़ों ग्रामीणों को अमवा बांध में आ रही कटान की वजह से अपने घरों को खाली करना पड़ा हालांकि प्रशासन बांध के मरम्मत के काम में लगा हुआ है

इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है